गेहूं खरीदी मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है

पंजाब दूसरे स्थान पर है

कोरोना लॉकडाउन और निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए खरीदी कार्य में लगा अमला कोरोना योद्वा और मध्यप्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है अनलॉक प्रदेश में दो माह से बंद धार्मिक स्थल होटल रेस्तरां और मॉल आज से खुल गये हैं हालांकि भोपाल और इंदौर में धार्मिक संस्थान चरणबद्व ढंग से खुलेंगे

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का पालन करते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में मात्र प्री बुकिंग के आधार पर दर्शन के लिये आज सुबह से प्रवेश दिया गया प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मंदिर में महाकालेश्वर के दर्शन किये मंदिर में दर्शनार्थियों के लिये तीन स्लॉट में प्रवेश दिया जा रहा है आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में रिथित पीताम्बरा सिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर और एतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर भी आज से खोल दिये गये सीहोर स्थित प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर और रेहटी में सलकनपुर देवी धाम मंदिर के पट भी आज से श्रद्वालुओं के लिये खुल गये हैं उधर भोपाल में आज से ऐहतियात के साथ मॉल खोल दिये गये हैं लेकिन धार्मिक स्थल अभी आठ दिन और नहीं खुलेंगे इन्दौर में भी फिलहाल धार्मिक स्थान नहीं खुलेंगे

नीमच जिले के लिये सोमवार को राहत भरी खबर आई

आज एक पॉजिटिव मामला सामने आया है

इन्हें एक बार फिर रोजगार से जोड़ने और उनकी पूरी जानकारी एकत्र करने के लिये शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है पंजीयन के बाद व्यवसायियों की पूरी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी

श्रमिक सर्वे कोरोना वायरस के कारण अन्य राज्यों से प्रदेश वापस लौटे श्रमिकों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने निर्देश दिये कि रिकवरी रेट में वृद्धि के बावजूद टेस्टिंग अस्पतालों में बैड कोरोंटीन और आईसीयू व्यवस्था के कार्य निरंतर होना चाहिये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे श्री चौहान ने कोरोना नियंत्रण को लेकर किये जा रहे सभी प्रयासों की जानकारी ली

उन्होंने कहा कि वायरस नियंत्रण के प्रयासों में ढ़िलाई नहीं होना चाहिये मुख्यमंत्री ने इंदौर प्रवास के दौरान कोरोना योद्वाओं के परिजनों से भेंट भी की बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकंडरी की स्थगित परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं

बोर्ड ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे परीक्षार्थी जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं अथवा जिनकी उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं हुई है वे परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिये विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी नक्सली मुठभेड मंडला जिले के मोतीनाला क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच कल मुठभेड़ हुई

जिले के एसपी दीपक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर नक्सलियों की तलाश की जा रही है

वहीं पुलिस ने प्रकरण कायम किया है